इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी यह दिन प्रतिवर्ष मादक पदार्थो के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मौजूद रहे राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए अधिक सतर्कता व सतत प्रयासों पर बल दिया उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को नशाखोरी के उन्मूलन के लिए अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सरकार द्वारा गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ड्रग फी हिमाचल ऐप को शुरू करने की पहल को सराहनीय प्रयास बताया राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को नशाखोरी की बुराई से बचाने में पंचायतीराज संस्थान शैक्षणिक व गैर सरकारी संस्थानों सहित सामाजिक संगठन व समाज के हर वर्ग की अहम भूमिका है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल एक वैश्विक समस्या है और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अधिक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा व्यापरियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से अधिकतर लोग पड़ौसी राज्यों पंजाब व हरियाणा से संबंधित हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा उत्तराखंड और राजस्थान साझा रणनीति बनाने पर सहमत हुए हैं मुख्यमंत्री ने युवाओं द्वारा सिंथेटिक ड्रग का अधिक प्रयोग करने पर भी चिंता जताई जयराम ठाकुर ने कहा कि नशाखोरी के विरूद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थी को भूमि सुधार पौधरोपण व पशु शैड बनाने के लिए एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है

वीरेन्द्र कंवर ने ये भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि व पशुपालन गतिविधियों के साथ जोड़ा जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की याद में सभी ज़िलों व ब्लॉक में शहीदों को सलाम दिवस का आयोजन किया

इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कुलदीप राठौर ने कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा संधि को तोड़ा हैं इसलिए उसे इसकी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि देश की सम्प्रभुता पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी देश व सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है राठौर ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक धनीराम शांडिल और अनिरूद्ध सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सरकारी सुविधाओं को लौटाने का फैसला लिया है शांता कुमार ने कहा है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जनहित को देखते हुए उन्होंने इन सुविधाओं को जल्द वापिस लिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है अजय शर्मा एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर पत्रक बांट रहे हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अजय शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने आज ग्राम केन्द्र लंबलू के ठनकरी गांव में सरकार की उपलब्धियों के पत्रक बांटे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा